श्री मोदी ने निर्देश दिए कि प्रभावित राज्यों और अधिक कोरोना पॉजिटिव दर वाले स्थानों की रियल टाइम निगरानी की जानी चाहिए और मार्गदर्शन किया जाना चाहिए उन्होंने साफ सफाई और सामाजिक अनुशासन पर जोर दिया

श्री मोदी ने आज उच्चस्तरीय बैठक में गृह मंत्री अभित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्द्वन सहित उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत की

सकिय मरीजों के मामले में अलवर अब प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है

अलवर की जिला कलेक्टर आनंदी ने बताया कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर प्रशासन प्रशासन प्रश सतर्कता बरत रहा है

लोगों को अपने घर और कार्यस्थल को बार बार सेनेटाइज करने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाने सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने का परामर्श दिया गया है कार्यस्थल पर बैठक वीडियो कांफेस से करने गैर जरूरी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकम स्थगित रखने शादियों में मेहमानों की संख्या निर्धारित अनुमति तक रखने गैर जरूरी यात्रा से बचने यात्रा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाने अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल अंपनाने को कहा गया है द्रकानों रेस्त्रां ढाबा में सतह को बार बार साफ करने और होम डिलीवरी के काम में लगे सभी लोगों से जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा गया है देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या पांच लाख को पार कर गई है

इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा प्राधिकरण ने बताया कि कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी में लोगों की स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को प्रा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी इस पॉलिसी में बीमा की राशि पचास हजार से पांच लाख रूपये के बीच रखी गई है

कोरोना कवच पॉलिसी स्वयं के लिए पति पत्नी माता पिता सास ससर और पच्चीस वर्ष तक के आश्रित बच्चों के लिए ली जा सकती है आईआरडीएआई ने कहा है कि यह पॉलिसी अस्पताल में भर्ती के दौरान कोविड के कारण विकसित हई अन्य बीमारियों के लिए भी रहेगी

यह प्रकिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है

वे आज सातवें एसबीआई बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अनलॉक के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं

इस योजना को नवम्बर तक बढाये जाने से लोगों में काफी खशी है बीकानेर की गोगादेवी ने बताया कि उन्होंने अपने हिस्से का अनाज ले लिया है और इससे उन्हें काफी फायदा मिला है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज एक प्रेस कांफेस में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने ही विधायकों के प्रति ऐसी बातें कर रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि वे विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वे डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और नेताओं के फोन टैप करके उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है संवाददाता सम्मेलन में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री आरोप साबित करें अन्यथा अपना पद छोड़ दें प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड ने कहा कि श्री गहलोत ने विधायकों का अपमान किया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विधायकों में भय का माहौल बना रहे हैं इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज इस संबंध में प्रेस कांफेस की

श्री गहलोत ने कहा कि एसओजी द्वारा दर्ज ं किए गए मामले में उन्हें भी एक नोटिस प्राप्त हुआ है और वह कानून का सम्मान करते हुए पूरा सहयोग करेंगे एक प्रश्न के जवाब में श्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार स्थिर है और पूरे पांच साल चलेगी मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में श्री गहलोत ने कहा कि यह फैसला आलाकमान को करना है

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताया है एक टवीट में उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है जिसे संकल्प से सिद्धि के जरिए प्राप्त किया गया है उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं

राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है

इस बीच मौसम विभाग ने आज जोधपुर बीकानेर उदयपुर भरतपुर जयपुर अजमेर और कोटा संभागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है